देश के उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने ज़मीन की तबदीली व पंजीकरण के लिये भूमि रिकार्ड को डिजीटल करने पर ज़ोर दिया केन्द्र ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को बारिश के पानी की साज़ सभाल के लिए कदम उठाने को कहा हरियाणा की मंच कलाकार सपना चौधरी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हई हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश मे कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से द्रूसत है और अपराधों पर अक्ंश लगाने के लिये हरियाणा सरकार पूरी तरह सक्षमहै आज करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हये म्ख्यमंत्री ने प्लिस महानिदेशक मनोज यादव आई जी योगेन्द्र नेहरा व प्लिस अधीक्षक स्रेन्द्र भोरिया से बैठक करके डा राजीव ग्प्ता के कत्ल की घटना की जानकारी ली और इस मामले में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिये म्ख्यमंत्री ने बताया कि प्लिस ने क्छ लोगों का संदेह के आधार पर पूछताछ के लिये हिरासत में लिया है म्ख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्लिस बल की संख्या के लिये नई भर्तियां की है और पुलिस को आधुनिक उपकरण भी दिये है उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने आज डा राजीव गप्ता के निवास स्थान पर पहंच कर पीड़ित परिवार के साथ शोक व्यक्त किया इंडियन मेडीकल एसोसियेशन के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ चिकित्सक डा राजीव ग्प्ता की कल शाम करनाल मे बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी करनाल रेज़ के प्लिस कमीशनर योगेन्द्र नेहरा ने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया कि डा राजीव ग्प्ता के अस्पताल के ही पूर्व कर्मचारी ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर रंजिश हत्या को अंजाम दिया

इसमे सोशल मीडिया और समाजसेवियों से भी सलाह ली जा रही है ताकि च्नावी मुद्दों में इसे शामिल किया जा सके

कृषिमंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में बनी कमेटी में परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार हिसार के लोकसभा सांसद ब्रजेन्द्र सिंह म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैनविधायक रणबीर गंगवा खादी बोर्ड अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ बी सी आयोग के अध्यक्ष रामचन्द्र जांगड़ा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरा तोमर और पार्टी प्रदेश महामंत्री एडवोकट वेदपाल शामिल है महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने लोगों का आहवान किया कि मानसिक व शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों व लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाये आज सोनीपत में कोशिश चेरीटेबल ट्रस्ट के वार्षिकोत्सव में उन्होने कहा कि भाजपा सरकार अशक्त लोगों को सक्षम बनाने के लिये प्रयासरत है

ऐसे शहरों मं सरकारी स्तर पर अशकत लोगों को अधिकारिक स्विधायें दी जायेगी ऐसे शहरों में सरकारी बसें भी लो फलोर चलाई जाती है ताकि अशक्त लोगों को चढ़ने उतरने में परेशानी न हो पश् बचाओ मानवता बचाओ विषय पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और पंचकूला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर पिंजौर में चल रहा है ताकि जनता के बीच जागरूक्ता फैलाई जा सके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शर्मा के साथ विद्वान प्रमोद गोयल ने इस शिविर का दौरा किया उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के इस पशुओं तथा पर्यावरण की रक्षा और पानी के संरक्षण के प्रति उठाये गये कदम की सराहना की जानवरों पर्यावरण तथा जल संरक्षण के प्रकति लोगों के जागरूक करने के लिये एक साहित्य और चित्रकला की प्रदर्शनी भी लगाई गई

उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने भूमि सौदों हस्तातंरण एवं पंजीकरण को मुकदमेंबाजी से मुक्त से मुक्त रखने के लिये व्यापक और आदर्श कानून बनाने का आहवान किया है श्री नायड ने भूमि रिकार्ड का डिजिटीकरण करने का भी आहवान किया ताकि हर लेन देने बिना किसी बाधा के हो सके नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये उप राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि केन्द्र व राज्य सरकारों को भूमि से सम्बधित मुद्दों पर व्यापक कानून बनाने के लिये एक ज्ट होकर टीम इंडिया की भावना से करना चाहिए ये देखते हये कि भारत की लगभग पचास प्रतिशत आबादी के लिये आजीविका का म्ख्य स्त्रोत भूमि है श्री नायड् ने भूमि स्वामित्व पर कानूनी रूप् से बाध्यकारों दसतावेज़ की आवश्यकता पर बल दिया केन्द्र ने देश के सभी श्हरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय को कारगर निगरानी के लिये प्रकोष्ठ बनाने को कहा है केन्द्रीय आवासन और शहरी मामला मंत्रालय ने कहा कि ये प्रकोष्ठ निकाले गये भू जल की मात्रा और उसके प्र्नभरण की निगरानी करेगा इस माह की पहली तारीख को शुरू होकर पन्द्रह सितम्बर तक चलने वाले जलशक्ति अभियान के पहले चरण के तौर पर ये दिशा निर्देष जारी किये गये है हालही में प्रसारित हये कार्यक्रम मन की बात मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल के संरक्षण पर बल देते हये कहा कि इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है राहल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष पद के लिये जारी अनिश्चय के बीच कांग्रेस कार्य समिति की अगले सप्ताह बैठक होने की संभावना है हाल ही में ग्लाम नबी आज़ाद अहमद पटेल और मोती लाल वोहरा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने नई दिल्ली में अनौपचारिक बैठक कर राहल गांधी का उत्तराधिकारी तय करने के लिये भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई

हरियाणा की गायिका नृत्यांगाना और मंच कलाकार सपना चौधरी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के चलते भाजपा में शामिल हो गई है सपना चौधरी दिल्ली से भाजपा सदस्यता अभियान में सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली सदस्य बनी है सपना चौधरी आज भाजपा के उपाध्यक्ष शिवराज सिह चौहान भाजपा महासचिव राम लाल और दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजद्गी में पार्टी में शामिल हई

अम्बाला के निकटवर्ती गांव सिंगावाला में आज संदिग्ध परिस्थितियों में दो शव बरामद हये मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी विजय क्मार ने बताया कि मृतकों की पहचान जिला मोहाली के गांव खेड़ी निवासी ग्रप्रीत व गांव खिलोरा निवासी हरप्रीत के रूप में हुई